आज होगा ड्राई रन कल से निबंधन और दो मार्च से लगाया जायेगा टीका

आयोग ने जारी किया दिशा निर्देश

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की चौहत्तरवीं कड़ी होगी मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नटवर्क पर किया जायेगा यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद दरभंगा केन्द्र से इसका प्रसारण मैथिली भाषा में किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जायेगा मैथिली में मन की बात कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण रात आठ बजे से फिर से सुना जा सकेगा केन्द्र सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड का टीका लगाने के लिए दो सौ पचास रूपये की दर निर्धारित किया है केन्द्र सरकार के निर्देश के बाद तीसरे चरण के लिए आज भी टीके का ड्राई रन होगा कल से निबंधन शुरू होगा और दो मार्च से टीकाकरण किया जायेगा इस चरण में साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाया जायेगा साथ ही गंभीर बीमारी वाले पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी कोविड टीका लगाया जाएगा दस हजार सरकारी अस्पतालों में यह टीका निःशुल्क लगाया जाएगा जबकि लगभग बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का शुल्क लोगों को वहन करना होगा इधर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने कहा कि निजी अस्पतालों में टीके की आपूर्ति स्वास्थ्य विभाग करेगा निदेशक ने कहा कि एक परिवार के एक मोबाईल नम्बर पर अधिकतम चार लोगों का ही टीकाकरण के लिए निबंधन कराया जा सकेगा उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल निर्धारित राशि से अधिक की मांग करते हैं तो टोल फ्री नम्बर एक सौ चार पर शिकायत दर्ज करायी जा सकेगी श्री कुमार ने कहा कि निबंधन के लिये लाभार्थी के पास ओटीपी के लिये अपना मोबाईल नम्बर और सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पहचान पत्र अनिवार्य होगा राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है वर्तमान में चार सौ तीन मरीजों का उपचार चल रहा है इसमें सबसे अधिक एक सौ अंठावन मरीज पटना के हैं वहीं अरवल जनाहाबाद बक्सर बांका शेखुपरा सहरसा सुपौल और मधेप्रा जिले में कोविड का एक भी मरीज नहीं है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो छह प्रतिशत हो गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख साठ हजार पांच सौ चौंसठ हो गयी है इधर कल कोविड के पैंतालीस नये मामले दर्ज किये गये सबसे अधिक पटना से चौदह पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है पिछले चौबीस घंटों में बाईस जिलों से कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि कोविड टीकाकरण के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता सूची में रखा गया है

क्योंकि अभी अगर हम देखें तो हमारे जो वैक्सीन है उसका सप्लाई और डिमांड बेलेंस होना चाहिए

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर एनएन माथुर ने लोगों से टीकाकरण के बावजूद मास्क पहनने का अनुरोध किया बाईट मास्क तो अभी पहनना पड़ेगा मास्क कब लगाना है और कब उतारना है या कब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में थोड़ी रिलेक्सिटी आनी है ये सरकार तय करेगी

अमी हम बहुत दूर है उस चीज से अभी तो हम लोगों को मास्क लगाना ही पड़ेगा चाहे हमने वैक्सीन लगवा भी लिया हो उसके बावजूद देश में अब तक डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका दिया जा चुका है अब तक सतहत्तर प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मियों को पहली ख्राक और सत्तर प्रतिशत को दूसरी खुराक दी जा चुकी है इधर प्रदेश में अब तक छह लाख अड़तीस हजार पांच सौ चौदह लोगों को कोविड टीके दिये जा चुके हैं इनमें से पांच लाख उनसठ हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि उनासी हजार एक सौ बयालीस लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है देश के कुछ हिस्सों में कोविड उन्नीस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कोविड मानकों और निगरानी में ढील नहीं देने का निर्देश दिया है कल एक समीक्षा बैठक में उन्होंने मानकों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा है श्री गौबा ने कहा कि राज्यों को संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कड़ी निगरानी जारी रखनी चाहिए और पिछले वर्ष कड़े प्रयासों से हासिल लाभ बेकार नहीं जाने देना चाहिए बैठक में प्रभावी जांच व्यापक निगरानी और कोविड पॉजिटिव मामलों के तुरंत प्रथकवास तथा निकट संपर्क में आने वाले लोगों को एकांतवास में रखने पर भी जोर दिया गया प्रदेश के कॉमन सर्विस सेन्टर पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अब शुल्क नहीं देना पड़ेंगा नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी और सीएससी के बीच हुये समझौते के बाद बिहार समेत देश के दस राज्यों में कल से आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जायेंगे पहले यह कार्ड बनवाने के लिए तीस रूपये देने पड़ते थे राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को तैयार रहने को कहा है आयोग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं निर्वाचन आयोग के अनूसार कभी भी चूनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव में मतदान सुबह सात बजे से शुरू होगा जो शाम पांच बजे तक चलेगा पंचायत चुनाव में मुखिया और सरपंच पद के लिए नामांकन शुल्क एक हजार रूपये होगा जबकि इसी पद के लिए महिला प्रत्याशी पीछड़े वर्ग और एसटीएससी के सदस्यों को नामांकन शुल्क पांच सौ रूपये देने होंगे जिला परिषद के सामान्य पद के लिए उम्मीदवारों को दो हजार रूपये जबकि अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन के लिए एक हजार रूपये देने होंगे प्रदेश में कक्षा एक से पांच तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल कल से खुलेंगे कोरोना महामारी के कारण स्कूल पिछले वर्ष चौदह मार्च से बंद हैं इससे पहले कक्षा नौवीं से लेकर बारहवीं तक के स्कूल चार जनवरी से और कक्षा छठी से आठवीं तक के सभी स्कूल आठ फरवरी से खुल गये हैं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि स्कूलों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा किसी भी बीमार शिक्षक या विद्यार्थी को स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को जीविका के माध्यम से दो दो मास्क मुफ्त दिये जायेंगे आईपीएल की तर्ज पर पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित होने वाले बिहार टी ट्वेंटी क्रिकेट लीग के लिये खिलाड़ियों की नीलामी की गयी इस दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल और सबा करीम मौजूद थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में इक्कीस मार्च से शुरू हो रही इस क्रिकेट लीग में पांच टीमें शामिल होंगी लीग सत्ताईस मार्च को समाप्त होगी केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में जारी की गई सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में विषय वस्तु रोकने के संबंध में नये प्रावधान नहीं बनाये गये हैं सरकार ने कहा है कि नये दिशा निर्देशों के नियम सोलह के संदर्भ में गलत सूचनाएं दी जा रही हैं जिनमें कहा गया है कि आपात समय में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाई जा सकती है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इसी नियम का इस्तेमाल सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली दो हजार नौ के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव पिछले ग्यारह साल से कर रहे हैं अब उनके स्थान पर नयी नियमावली में इस प्रावधान का इस्तेमाल सूचना और प्रसारण सचिव करेंगे

यह दिवस प्रतिवर्ष अट्ठाईस फरवरी को रमण प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसी दिन भौतिकीविद् सी वी रमण ने रमण प्रभाव की खोज की घोषणा की थी जिसके लिए वर्ष उन्नीस सौ तीस में उन्हें नोबल प्रस्कार से सम्मानित किया गया था इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दो हजार इक्कीस की थीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य और नवाचार शिक्षण कौशल और कार्य पर प्रभाव उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार क्रम्भ मेले में आने वाले यात्रियों के पंजीकरण के लिए वेबसाईट जारी कर दिया है सूत्रों के अनुसार मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस वेबसाईट के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा इसके बाद ही उन्हें ई पास या ई परमिट मिलेगा जिसके माध्यम से श्रद्धालु मेले में शामिल हो सकेंगे केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से विमर्श के बाद कृषि निर्यात और किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के अड़तीस किसानों का चयन किया है चयनित किसान एक जिला एक उत्पाद के अन्तर्गत अपने फसल को बेच सकेंगे नवादा जिले में हंगामा मचा रहा पागल हाथी झारखंड के जंगलों में प्रवेश कर गया है वन क्षेत्र पदाधिकारी मोहम्मद अफसार ने बताया कि पागल हाथी गया जिले के वजीरगंज से टनकुप्पा और फतेहपुर होते हुये झारखंड के चोरदाहा जंगल में प्रवेश कर गया है राज्य में विभिन्न जिलों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान सड़क दूर्घटनाओं में अठारह लोगों की मौत हो गयी सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से पांच कार्टन बीयर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है सीतामढ़ी जिले में पुलिस ने विभिन्न स्थानों से तीन लोगों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन के उद्घाटन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी मुकदमों से पहले हो मध्यस्थता दैनिक जागरण ने लिखा है अरूण कुमार सिंह नये मुख्य सचिव और आमिर सुब्हानी हो सकते हैं विकास आयुक्त दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है सिलेंडर बेचने के लिए कतार महिलाएं बोलीं भरा सकते नहीं तो क्यों रखें प्रभात खबर लिखता है बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरेंगी बिहार की सभी प्रमुख पार्टियां दैनिक आज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है खिलौनों में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें

आज होगा ड्राई रन कल से निबंधन और दो मार्च से लगाया जायेगा टीका

आयोग ने जारी किया दिशा निर्देश